इनमें दस पूर्व सांसद है पहली सूची में किसी भी मंत्री को टिकिट नहीं मिला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को जोधपुर से मैदान में उतारा गया है जबकि जयपुर से ज्योति खण्डेलवाल को टिकिट दिया गया है प्रत्याशियों में तीन महिलाए भी शामिल है

जयपुर में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांश् त्रिवेदी ने हवामहल विधानसभा क्षेत्र से और संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर ने आदर्श नगर विधानसभा के बूथ से महासंपर्क अभियान शुरू किया प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने सांगानेर विधानसभा ब्रथ से जनसंपर्क अभियान शुरू करने के बाद पत्रकारों को बताया कि इस अभियान के तहत घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है

उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क भी किया इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्द्वन ने कहा कि हम नाम से नहीं बल्कि अपने द्वारा किये गये काम के कारण जनता से वोट मांगते है

मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के अलावा इस बार राजस्थान दिवस समारोह को भी मतदाता जागरूकता से जोड़ा गया है ब्रंदी में स्वीप कार्यक्रम के तहत जन सुविधा केन्द्र से दिव्यांग रैली निकाली गई इससे पहले दिव्यांगों को ईवीएम और वीवीपैट मशीन के बारे में जानकारी दी गई सवाईमाधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप गतिविधियों के सफल संचालन के लिये लाफ्टर चैंपियन और राष्ट्रीय कवि सुरेश अलबेला को स्वीप एम्बेसेडर नियुक्त किया है वहीं अजमेर के स्कूलों में इसी उद्देश्य से विशेष क्लेब बनाए गए हैं इधर बीकानेर में आज मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा

जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप यादव ने बताया कि जो मतदानकर्मी प्रषिक्षण कार्य में अनुपरिथत रहेंगे उनके विरूद्व कडी कार्यवाही की जायेगी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि सभी पर्यवेक्षक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिये नियमित दौरे करेंगे

कल नई दिल्ली में उप निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिये कई कदम उठा रहा है

शहीद की पार्थिव देह आज उनके पैतृग गांव शेखावास आयेगी उनकी शहादत की सूचना मिलते ही पूरे जिले में माहौल गमगीन हो गया

परवेज के पिता भी सेना से सेवानिवृत्त हुए है जबकि बडे भाई भी देश की सेवा के लिये कश्मीर में तैनात है

इन कार्मिकों से एक लाख से अधिक की संदिग्ध राशि बरामद की गई है छापेमारी के समय जिला आबकारी अधिकारी सहदेव रतनू अपने कार्यालय में मौजूद थे ब्यूरो की टीम उन्हें भी संदेह के दायरे में लेते हुए कड़ी पूछताछ कर रही है

पुलिस उपायुक्त योगेश दाधीच ने बताया कि ऐसी गुप्त सूचना की जयपुर में कई स्थानों पर फर्जी कॉल सेन्टर संचालित किये जा रहे है जो विदेशी नागरिकों को प्रलोभन देकर और धमका कर धनराशि ऐठ रहे है इन गिरोह का जाल अमरीका चीन और हॉगकॉग सहित कई देशों में फैला है

सीबीडीटी के सदस्य ने विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को इस बारे में पत्र लिखा है उन्होंने आयकर विभाग से तत्काल हरसंभव कदम उठाने को कहा है ताकि मौजूदा और बकाया कर की वसूली हो सके और लक्ष्य हासिल किया जा सके